प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ोत्तरी समेत कई अन्य फैसलों को दी गयी मंजूरी निर्मया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चारो दोषियों को अदालत ने बाईस जनवरी को फॉसी देने का आदेश दिया प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्षा से फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गयी आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले छह साल में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है कल नई दिल्ली में श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित कर्म योद्वा ग्रंथ नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि मैजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है श्री शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने कृषि स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधार किए हैं उन्होंने यह भी कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने काम करके दिखाने की अपनी नीति के तहत तुष्टीकरण जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त किया है श्री शाह ने कहा कि उन्नीस सौ सड़सठ से दो हजार चौदह तक इन्हें बढ़ावा देकर देश की राजनीति को खोखला करके रख दिया गया था गृहमंत्री ने कहा कि चाहे अनुछ्छेद तीन सौ सत्तर हो शरणार्थियों की नागरिकता का मामला हो अयोध्या भूमि विवाद हो या तीन तलाक का मुद्दा हो सरकार ने सभी पर ठोस कदम उठाए हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जन जागरूकता अभियान के दौरान वरिष्ठ पार्टी नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल नई दिल्ली के मद्रासी कैम्प शान्ति विहार और मोती बाग क्षेत्र में लोगों को इसकी जानकारी दी श्री जावडेकर ने कहा कि यह कानून शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है न कि किसी को नागरिकता से वंचित करने के लिए है उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस कानून के बारे में जानबूझ कर समाज में भ्रम और अफवाहें फैला रहे हैं श्री जावडेकर ने कहा कि देश के एक सौ तीस करोड़ लोग इस कानून का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि भारत में जन्मे किसी नागरिक पर इसका कोई प्रमाव नही होगा उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं होंगे

मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण कार्य के एस्टीमेट को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है एक सौ इक्कीस एकड़ भूमि पर बनने वाले इस प्राणि उद्यान के निर्माण में दो सौ चौतीस करोड़ रूपये की लागत आएगी जिसका अनुमोदन कैबिनेट ने किया मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि इस प्राणि उद्यान में पर्यटकों का आवागमन बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने भांग की फूटकर दुकानों के व्यवस्थापन से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी दे दी है अब दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा कैबिनेट ने प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में वित्रकूट के जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम दो हजार एक में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया अब यह विश्वविद्यालय जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा

वे कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय कारोबार परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने अप्रत्यक्ष कर पर कारोबारियों से भी सुझाव मांगे हैं कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न दस्तावेज पहचान संख्या डी आई एन प्रणाली की भी शुरूआत की गई है जिसके अंतर्गत कर विभाग और करदाताओं के बीच संचार में पारदर्शिता बनी रहती है और इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहता है श्रीमती सीतारामन ने यह भी बताया कि सरकार एक नई योजना लाई है जिसके अंतर्गत दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के लिए साठ साल की उम्र के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन राशि सुनिश्चित की गई है

चारों दोषियों पवन विनय मुकेश और अक्षय को बाइस जनवरी की सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने सात साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हए दोषियों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चौदह दिन का समय दिया है मामले के एक अन्य आरोपी राम सिंह ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी न्यायालय के आदेश के बाद निर्भया की मां ने कहा कि यह फैसला लोगों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को मजबूत करेगा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि निर्मया को न्याय मिला है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि चारों दोषियों को फांसी देने के अदालत के फैसले से महिलाओं को ताकत मिलेगी और न्यायपालिका में लोगों का विश्वास मजबूत होगा राजधानी नयी दिल्ली में सोलह दिसंबर दो हजार बारह की रात को निर्मया के साथ दृष्कर्म कर के उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था बाद में उपचार के दौरान सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यू पी टीईटी आज राज्य के पूर्व निर्धारित केन्द्रों पर आयोजित की जा रही हैं सभी परीक्षा केन्द्रों के आस पास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं केन्द्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है झांसी में उन्तीस परीक्षा केन्द्र बनाए गये हैं जनपद पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में चौदह हजार से अधिक अम्यर्थी भाग लेंगे जबकि दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में आठ हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे हमीरपुर जनपद में सात परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियो में पांच हजार छह सौ से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे मऊ जिले में टीईटी परीक्षा सकूशल सम्पन्न कराने के लिए सड़सठ मजिस्ट्रेट और सड़सठ पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है

केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग पर इसका आयात किया है खाद्य और उपमोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि राज्यों ने केंद्र से तैंतीस हजार टन से अधिक आयातित प्याज की मांग की थी उन्होंने कहा कि बारह हजार टन से अधिक प्याज की खेप विभिन्न बंदरगाहों पर पहंच चुकी है श्री पासवान ने कहा कि कुछ राज्यों ने अपनी मांग वापस ले ली है लेकिन मंत्रालय ने इन राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपनी मांग के अनुसार प्याज की खेप उठाएं उन्होंने कहा कि सरकार आयातित प्याज उन्चास से अट्ठावन रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराएगी श्री पासवान ने कहा कि बारह राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है

पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर हई बर्फबारी और बरसात के कारण राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में शीतलहर से लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी लखनऊ कानपुर उन्नाव बस्ती अयोध्या मेरठ मुरादाबाद अलीगढ़ समेत आस पास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ सामान्य से तेज बारिश होने की सम्भावना है ठप्ड के कारण पीलीमीत जनपद में कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों में ग्यारह जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है लखीमपुर खीरी जिले में वर्षा के कारण दुधवा नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि परिक्षेत्रीय अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने और गन्ना मिलों के बाहर मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि चीनी मिल गेट और यार्ड पर अलाव की व्यवस्था होने से गन्ना किसानों को ठंड से राहत मिल सकेगी